प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान हल्की वर्षा होने और एक दो स्थानों पर अंधड चलने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना

इसमें अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी बुधवार से पंजीकरण शुरू होने के बाद मात्र दो दिन में अब तक दो करोड़ पैंतालीस लाख से अधिक लोगों ने इस चरण में टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है अटठारह से चवालीस वर्ष की आयु के नागरिक को विन पोर्टल या आरोग्य सेत ऐप के माध्यम से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में पंजीकरण करा सकते हैं इधर छत्तीसगढ में भी कल से अटठारह वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क लगाने का निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ में अट्ठारह से चवालीस वर्ष की आय वाले लगभग एक करोड़ तीस लाख लोग हैं जिन्हें कुल दो करोड़ साठ लाख वैक्सीन की डोज लगनी है प्रदेश में कल चौंतीस हजार तीन सौ बयासी लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया वहीं बिलासपूर जिले में भी टीकाकरण अभियान लगातार जारी है मस्तूरी विकासखंड की ग्राम पंचायत नवागांव रांक और बनियांडीह के लोगों ने शत प्रतिशत टीकाकरण करवा लिया है इसके अलावा दस ग्राम पंचायतों में नब्बे प्रतिशत लोगों ने टीका लगवा लिया है इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के विरूद्ध वैक्सीन एक कारगर उपाय है वैक्सीन की दोनों डोज निर्घारित अंतराल में लगवाने के बाद शरीर को अधिक सुरक्षा मिलती है और संक्रमण के मामले कम होते हैं जिन लोगों ने पहली डोज लगवाई है उन्हें दूसरी डोज चार से आठ सप्ताह के अंदर अवश्य लगवानी चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिशा निर्दे श केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षणविहीन रोगियों के घर में पृथकवास के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं उपचार की दृष्टि से हल्के लक्षण या लक्षणरहित संक्रमित व्यक्ति को घर में ही पृथक रखने की अनुशंसा की गई है लक्षणरहित रोगियों में वे शामिल हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर चौरानवे प्रतिशत से अधिक है लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं है और इसकी पृष्टि प्रयोगशाला द्वारा की गई है हल्के लक्षण वाले रोगियों में वे शामिल हैं जिन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है और जिनका ऑक्सीजन स्तर चौरानवे प्रतिशत से अधिक है ऐसे रोगियों को घर में अलग रखकर उपचार की अनुशंसा की जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना से पीड़ित वैसे रोगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे है उन्हे एक अलग कमरे मे रहना चाहिये और घर के अन्य सदस्यों से दूर रहना चाहिए इसके अलावा उन्हें एक ऐसे कमरे में अकेले रहना चाहिये जो हवादार हो और उन्हें हर समय तीन सतहों वाले मास्क का उपयोग करना चाहिए रोगियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी निगरानी खूद करें और लगातार ऑक्सीजन का लेवल मापते रहें अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हे जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रेमेडेसिविर दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करें और किसी भी हालत में इसका उपयोग घर पर नहीं करें

कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं पिछले तीन दिनों से प्रतिदिन चौदह हजार से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है इस दौरान कुल तैंतालीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं प्रदेशभर भें पिछले एक सप्ताह के दौरान संतानवे हजार से अधिक लोगों कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उधर कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विवाह कार्यक्रम और समी प्रकार के निर्माण कार्यों पर पांच मई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है इधर महासमुंद जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने एक अस्पताल को कोरोना मरीजों के उपचार के लिए मिली अनुमति पर रोक तथा दो अस्पतालों को कोरोना जांच के लिए निर्घारित दर से अधिक राशि लेने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है वहीं बिलासपुर के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों को नृत्य व्यायाम और योग सिखाने के साथ ही उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जा रहा है ताकि मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके इस बीच बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने होम आइसोलेशन के संबंध में आयोजित कार्यशाला में डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि वे मरीजों से लगातार संपर्क रखते हुए उनका मनोबल बढ़ाएं जिससे वे जल्द स्वस्थ हो सके वहीं धमतरी जिले के शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करने के लिए टीम गठित करते हुए जिला पंचायत के सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है उधर कबीरधाम जिले के नगरीय क्षेत्रों में आगामी परीक्षाओं को देखते हुए स्टेशनरी दुकानों को सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक खोलने की अनमति प्रदान की गई है वहीं जिले में पुलिस की महिला सेल द्वारा लॉकडाउन और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों को तख्ती में अलग अलग संदेश लिखकर कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी जा रही है वहीं राजनांदगांव जिले में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच में प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है पाटेकोहरा बैरियर स्थित जांच केन्द्र में यात्री बसों के अलावा अन्य निजी वाहनों में सवार लोगों की कोरोना जांच की जा रही है साथ ही यात्रियों से कोरोना जांच रिपोर्ट भी मांगी जा रही है इधर महासमंद जिले में लॉकडाउन के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति में विभिन्न ॅसामाजिक तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है जिला पंचायत द्वारा जरूरतमंद लोगों को तीन सौ पैकेट सूखा राशन का वितरण किया गया इसी तरह राजनादगांव जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साह जरूरतमंदों तक हरी सब्जिया पहंचा रही हैं इसी जिले के छूरिया में डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साह ने कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए निःशल्क एंबुलेंस सेवा शुरू की है वहीं बलौदाबाजार जिले के कसडोल तहसील कार्यालय में जरूरतमंद लोगों के लिए फूड बैंक की स्थापना की गई है इस बीच रायगढ़ जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने बताया कि अंगूल संयंत्र से लगभग सौ टन और रायगढ़ से बीस टन ऑक्सीजन की आपूर्ति छत्तीसगढ़ सहित विमिन्न राज्यों को की जा रही है

उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आव्हान भी किया राज्यपाल ने आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा कोरोना पेंडेमिक की रोकथाम में विश्वविद्यालयों की भूमिका विषय पर आयोजित ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि देश के कल एक हजार विश्वविद्यालयों में लगभग तीन करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं यह ख्शी की बात है कि टीका उत्सव कल एक मई से शुरू हो रहा है जिसमें अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी युवाओं को टीका लगाया जाएगा राज्यपाल ने आव्हान किया कि कोरोना टीकाकरण में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय मिलकर लोगों को जागरूक करें साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना एनसीसी और रेडक्रॉस इकाइयों द्वारा भी लोगों की मदद की जानी चाहिए वहीं मुख्यमंत्री मूपेश बघेल ने भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये निजी चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से अपने अपने संस्थान में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग कर मरीजों को सगमता से इलाज सुविधा का लाभ दिलाने के लिए कहा साथ ही निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने परे मी जोर दिया

छत्तीसगढ राज्य द्वारा वैक्सीन के दोनों उत्पादकों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पच्चीस पच्चीस लाख डोसेज उपलब्ध कराने की मांग की गई है इनमें से भारत बायोटेक ने मात्र तीन लाख डोसेज मई माह में राज्य को उपलब्ध कराने की बात कही है वर्तमान में पंजीयन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन ही उपलब्य होने से कोरोना टीकाकरण में दिक्कत आ सकती है इसे देखते हए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोघ किया है कि अटठारह से पैंतालीस वर्ष आय वर्ग के लिए भी ऑन साइड रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे टीकाकरण से कोई भी वंचित न रह पाए वायरोलॉजी लैब जांच प्रदेश के कांकेर और महासमुंद जिले में भी कोरोना सैंपलों की आरटी पीसीआर जांच की सुविधा शुरू हो गई है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज इन दोनों जिला मुख्यालयों में वायरोलॉजी लैब की ऑनलाइन शुरूआत की इन्हें मिलाकर अब प्रदेश के नौ शासकीय लैबों में आरटी पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है इससे रोजाना आरटी पीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्द मिलने लगेगी वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कांकेर में दो सौ छत्तीस बिस्तरों के नये डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का भी शुभारंभ किया इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आरटी पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने कोरबा कोरिया जशपुर जांजगीर दर्ग दंतेवाडा और बलौदाबाजार में भी वायरोलॉजी लैब की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है इसके साथ ही बालोद और मुंगेली में भी वायरोलॉजी लैब खोलने की अनुमति दी गई है इन लैबों के शुरू होने के बाद प्रदेश में आरटी पीसीआर जांच की सुविधा वाले शासकीय केन्द्रों की संख्या अटठारह हो जाएगी इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए बडी संख्या में सैंपलों की जांच की जा रही है प्रदेशमर में पिछले एक सप्ताह में तीन लाख अटहत्तर हजार से अधिक सैंपलों की जांच की गई इस दौरान रोजाना औसतन चौव्वन हजार से अधिक सैंपलों की जांच हुई है पिछले अट्ठाईस अप्रैल को सर्वाधिक करीब साढे उनसठ हजार सैंपलों की जांच की गई चेंबर मुख्यमंत्री पत्र छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा होम डिलीवरी पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए पूरे प्रदेश में व्यापारी वर्ग शासन के साथ सहभागिता निभाने के लिए तैयार है महिला आयोग हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाटसएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है

देशभर में चौबीस घंटे काम करने वाले इस नंबर का इस्तेमाल करके गर्भवती महिलाएं आयोग तक पहंच बना सकती हैं आयोग में एक समर्पित टीम शिकायतों को जल्दी निपटाने के लिए दिन रात काम कर रही है इसके साथ ही आयोग से ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है शासकीय सेवक अस्पताल मान्यता राज्य शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिए राज्य के सतयासी और राज्य के बाहर स्थित चालीस अस्पतालों को मान्यता दी है शासकीय कर्भियों के इलाज के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कल एक सौ सत्ताईस अस्पतालों को मान्यता मिली है चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सची जारी कर दी है वहीं प्रदेश में चिकित्सकों की कमी और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के छत्तीस चिकित्सकों की पदस्थापना अगले दो माह के लिए विभिन्न जिलों के डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों कोविड केयर अस्पताल और अन्य कोविड संबंधी कार्यों के लिए की गई है संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के आदेश के मुताबिक रायपुर जिले में छह बिलासपुर में सात दुर्ग और सरगुजा में चार चार कोरबा में तीन बालोद जांजगीर चांपा और सूरजपूर में दो दो तथा धमतरी बेमेतरा मुंगेली रायगढ़ बलरामपूर और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में एक एक चिकित्सक की तैनाती की गई है इस बीच बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर रेलवे के बिलासपुर एसईसी आर जोन मुख्यालय में तीन सौ बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने और वर्तमान एसईसीआर अस्पताल में तत्काल सौ बेड बढाने की मांग की है माओवादी समाचार नारायणपुर जिले में पुलिस ने चार माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम टेमरू गांव और गदापाल की ओर सर्विंग पर निकली थी इसी दौरान जवानों ने जंगल में घेराबंदी कर चार माओवादियों को पकड़ा और इनके पास से दो नग डेटोनेटर तथा पच्चीस मीटर बिजली का वायर बरामद किया इन माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं सुकमा जिले के किस्टारम थाना क्षेत्र में कड़तीगोब्बाल से सुरक्षा बलों ने दस किलो के दो आईईडी बरामद किए हैं माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इन विस्फोटकों को स्पाईक होल के नीचे छिपाकर रखा था मौसम प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है इस बीच मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कुछेक स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है मौसम विमाग के मुताबिक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश और उसके आसपास स्थित है वहीं एक द्रोणिका पश्चिम बंगाल के मध्य भाग तक बनी हुई है प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी आने के कारण मौसम में बदलाव आने की संभावना है इस दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की गई है संक्षिप्त समाचार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने देश के जाने माने न्यूज एंकर और पत्रकार रोहित सरदाना के निधन पर शोक व्यक्त किया है कोरोना प्रभावित लोगों को राहत देने और जन स्वास्थ्य से जुड़ी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा के कार्यकर्ताओं ने आज विभिन्न जिलों में वर्च्अल प्रदर्शन किया छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने तॉकडाउन में एमडीएस डेंटल के लिए आयोजित ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाते हुए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया आयुष विश्वविद्यालय और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है यात्रियों की कमी को देखते हुए रेलवे ने रायपुर दुर्ग डोंगरगढ़ बिलासपुर और छिंदवाड़ा इतवारी के बीच चलने वाली चार जोड़ी मेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन इकतीस मई तक रद्द कर दिया है